भारत के मेडिकल सिस्टम की पूरी दुनिया में बहुत विश्वसनीयता है

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये देशव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम का श्भारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास में इससे पहले कभी इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान नहीं चलाया गया श्री मोदी ने कहा कि देश में वैक्सीनेशन के पहले चरण में तीन करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है

इधर प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य स्तरीय टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि लम्बे समय से इस वैक्सीन का इंतजार था

प्रदेश में कई स्थानों पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और चिकित्सा अधिकारियों ने पहला टीका लगवाकर टीके के पूरी तरह से सुरक्षित होने का संदेश दिया देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की शुरूआत होने के साथ ही स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीन लगवाने के लिए खूद आगे आने लगे हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में गृह विभाग और वित्त विभाग के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है

इस काम के लिए राज्य और जिला स्तरीय निगरानी समितियों का गठन भी किया जाएगा